उच्चतम न्यायालय पहुंचा फ़्लोर टेस्ट टाले जाने का मामला भाजपा की याचिका पर कल होगी सुनवाई कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश में एहतियातन कोचिंग संस्थान लायब्रेरी जिम और स्वीमिंग पूल भी बंद जबलपुर में कोरोना वायरस से निपटने के लिये बुजुर्गों की अनूठी पहल बना रहे हैं महज सात रूपये वाला सुरक्षित मास्क

विधानसभा स्थगित होने के बाद भाजपा के विधायक विधानसभा से राजभवन पहंचे जहां उन्होंने राज्यपाल से जल्द से जल्द बहमत परीक्षण कराने की मांग की विधायकों की अगुवाई कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर मैदान छोड़कर भागने का आरोप लगाया भाजपा की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राज्यपाल का दोबारा पत्र लिखना चौंकाने वाला है उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि वे दबाव में काम कर रहे हैं वहीं राज्य विधानसभा में बहुमत परीक्षण टाले जाने का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार पर फ़्लोर टेस्ट को जानबूझकर टाले जाने का आरोप लगाया है इस पर कल सुनवाई होगी कार्यक्रम स्थगित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने और प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप एहतियाती कदम के तौर पर इस महीने साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम स्थगित किये गये हैं

कविता भोपाल कार्यक्रम भी स्थगित रहेगा इसके अलावा अकादमी द्वारा प्रदेश में संचालित पाठक मंच केन्द्र की कार्यशालाएं भी स्थगित की गई हैं

नोवल कोरोना वायरस बीमारी की जानकारी और मार्गदर्शन के लिये कॉल सेन्टर बनाया गया है

वहीं प्रभावित देशों से आने वाले नए संभावित प्रकरणों को दर्ज कर सर्विलेंस एवं आईसोलेशन में रखा गया है भोपाल सहित सभी जगहों पर स्कूल कॉलेज और आंगनवाड़ियों के बाद अब कोचिंग संस्थान लायब्रेरी जिम और स्वीमिंग पूल भी बंद कर दिये गये हैं खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजगढ़ कलेक्टर ने भी लोगों से अपील की है कि वे घबराए नहीं बल्कि सतर्कता बरतें सागर जिले में हर मंगलवार को आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है रायसेन में कलेक्टर ने आज जिला चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को समुचित व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये ग्वालियर संभागायुक्त ने संभाग के सभी कलेक्टरों को अपने अपने जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिये एहतियाती कदम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं अशोकनगर में पहली से पांचवी तक सीबीएसई की वार्षिक परीक्षाएं रदद कर दी गई हैं

उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर में आगामी आदेश तक गर्भग्रह और भस्म आरती में श्रद्वालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है धार जिले में बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर सभी वार्षिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है अनूपपुर जिले में भी कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं मंडला में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को बंद करने की मांग की है दौरा रदद देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जबलपुर दौरा फिलहाल रद्द हो गया है

इस बीच जबलपुर में रेडकास सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे वृद्वाश्रम में सूती कपड़े के मास्क बनाये जा रहे हैं

यह पर्व मुख्य तौर पर पश्चिमी मध्यप्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश और गुजरात में मनाया जाता है इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी सप्तमी पर घरों में चूल्हा नहीं जलाये जाने की परम्परा के चलते आज कई घरों में कल का बनाया खाना खाया गया